इसके लिए हरी और सफेद रंग की दो सूचियों के प्रारूप है

ताकि किसानों को पता चल सके कि उनका कर्ज माफ हआ है या नहीं इसमें जिनके नाम नहीं होंगे और वो पात्र होंगे वे गुलाबी रंग का फार्म भरकर पंचायत में देंगे कृषि विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजेश राजौरा ने कल सभी कलेक्टरों को सूचियों के प्रपत्र भेजे इसमें बैंक खाता नंबर किसान का नाम बैंक खाता नंबर गॉव तहसील जिले का नाम किसान का मोबाइल नंबर और कल बकाया कर्ज का ब्यौरा रहेगा हरे रंग की सूची उन किसानों की रहेगी जिनके आधार नंबर से बैंक खाते लिंक होंगे दूसरी सूची सफेद रंग की रहेगी इसमें वे किसान होंगे जिनके खाते आधार नंबर से जुड़े नही होंगे

श्री कमलनाथ ने विधानसभा सत्र के समापन के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी

वेतनमान उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्व शासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को जल्द सातवां वेतनमान दिया जायेगा श्री पटवारी कल भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में उच्च शिक्षा विभाग की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे

साथ ही पिछड़ने वाले संस्थानों को गुणवत्ता सुधार के लिए चेतावनी दी जायेगी श्री पटवारी ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना तथा समानता सुनिश्चित करना आवश्यक है

भाजपा नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान रमन सिंह और वसुंधरा राजे को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है भाजपा महासचिव अरूण सिंह ने कल जारी एक बयान में यह जानकारी दी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के और रमन सिंह छत्तीसगढ़ के तीन कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थीं

मुख्यमंत्री कमलनाथ से अनुमोदन के बाद कल वन मंत्री उमंग सिंघार ने वित्त मंत्री तरूण भनोट को अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रस्ताव सौंप दिया वन मंत्री श्री सिंघार ने बताया कि प्रदेश के दूरदराज के इलाकों के तेंदूपत्ता संग्राहक ई पेंमेंट होने से बहुत परेशान थे

ग्रामीण इलाकों में अपेक्षाकृत छोटे बैंक हैं जिनमें राशि कम रहती है राशन दुकान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर के निर्देश पर भोपाल के हुमा महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार और नागरिक महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है

निरीक्षण में अनियमितता में पाये जाने पर दोनों दुकानों को पूर्व में ही निलंबित कर दिया गया था

उन्होंने मुख्यमंत्री को मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को प्रथम प्रीविलेज मेंबर कार्ड भेंट किया पर्यटन मंत्री ने बताया कि निगम के होटलों में रात्रि विश्राम को बढ़ावा देने और मध्यप्रदेश पर्यटन ब्राँड को स्थापित करने के लिए प्रिविलेज मेंबर कार्ड की पहल की गई है पर्यटन मंत्री श्री बघेल ने बताया कि यह कार्ड मध्यप्रदेश टूरिज्म के उन सभी अतिथियों को दिए जाएँगे जो निगम की संपत्तियों में पांच अथवा उससे अधिक बार विश्राम करेंगे पर्यटन निगम द्वारा प्रीविलेज मेंबर कार्ड धारक को शुल्क में विशेष छूट दी जाएगी

यहां न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पिछले चौबीस घंटों के दौरान खजुराहो नौगांव बैतूल ग्वालियर और दतिया में शीतलहर का प्रभाव रहा